श्री जेटली कैंसर से पीड़ित थे

अरुण जेटली के कार्यकाल में नोटबंदी जीएसटी जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लागू हुए

काले धन पर लगाम लगाने के लिए श्री जेटली ने ही एसआईटी का गठन किया था जेटली शोक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जेटली के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है द्वीट संदेशों के जरिए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज एक अभिन्न मित्र खो दिया है संयुक्त अरब अभिरात के दौरे पर गये श्री मोदी ने वहां से श्री जेटली की पत्नी और पुत्र से फोन पर बात की और दुःख की इस घड़ी में सांत्वना दी दोनों ने प्रधानमंत्री से अपना विदेश दौरा रद्द न करने की अपील की श्री मोदी को यूएई के बाद बेहरीन भी जाना है गृहमंत्री अभित शाह ने भी पूर्व केन्द्रीय मंत्री के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि जेटली जी का जाना उनर्के लिये एक व्यक्तिगत क्षति है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट संदेश के जरिए श्री जेटली के निधन पर दुःख जताते हुए बताया कि उनका निधन राजनीतिक क्षेत्र की एक अपूर्णिय क्षति है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्य प्रदेश के राज्यपाल केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित भाजपा कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं ने भी श्री जेटली के निधन पर दुःख जताया है बारिश भोपाल सहित होशंगाबाद सागर शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में कल से बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है राजधानी में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है

भारी बारिश की वजह से भोपाल नागपुर सड़क मार्ग बन्द हो गया है

जिससे नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा यहां सुखतवा और भोरा के बीच बहने वाली सुखी नदी के पुल पर से पानी बह रहा है इस वजह से दोनों और वाहनों की लम्बी कतार लग गई है इधर भोपाल में भदभदा और कलियासोत डेम के गेट आज सुबह फिर खोले गये बताया जा रहा है कि सात से आठ घंटे तक दोनों डेम के गेट खुले रहेंगे रायसेन में भी भारी बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है

वहीं निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह तीसरी कड़ी है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 यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन और न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध रहेगा हिंदी में तूरन्त प्रसारित होने के बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा जिसे शाम आठ बजे दोबारा सुना जा सकता है कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर ध्मधाम के साथ मनाया जा रहा है

इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने निवास पर पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की उधर मूरैना में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने श्री बिहारी जी मंदिर में पूजा अर्चना की अनूपपूर उज्जैन जबलपुर सहित विभिन्न जिलों में जन्माष्टमी का पर्व पारम्परिक श्रद्दाभाव के साथ मनाया गया

शिवप्री में एक तेज रफ़तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी

वहीं दो लोग घायल हैं